बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोरोना संकमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए टेली काउंसलिंग सेवा संवेदना शुरू की

अभी तक केवल अधिकारियों के लिए ही कार्यालय आना अनिवार्य था अब अधिकारियों के समान सभी कर्मचारियों को भी नियमित कार्यालय आना होगा राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है

वहीं इंदौर जिले की सांवरे विधानसभा के उपचुनाव के लिए कल से बुजुर्गों दिव्यांगों और कोरोना प्रभावितों के मतदान का सिलसिला शुरू हो गया

उधर इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है भाजपा प्रत्याषी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य आज चुनाव प्रचार करेंगे वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्ड के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ग्राम पालकांकरिया में आमसभा को संबोधित करेंगे इसके अलावा अन्य दलों के और निर्दलीय प्रत्याषी भी घर घर जाकर संपर्क कर रहें हैं खंडवा जिले के मांधाता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्ता शर्मा पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे उधर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर डबरा में आयोजित सम्मेलनों और जनसभाओं में शामिल होंगे वहीं फग्गनसिंह कुलस्ते सागर जिले की सुरखी में आयोजित बैठकों में भाग लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जिले के खरकपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में अपने र्पतयाशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे मतदाता जागरूकता निर्वाचन आयोग विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुवासरा उप निर्वाचन में कल दीपमालाओं के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया उधर गुना जिले की बमोरी सीट पर रथयात्रा एवं रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है यहां विभिन्न गॉवों में ईवीएम का प्रदर्शन भी किया गया ग्वालियर में स्वीप गतिविधियों के तहत जात पात लोभ लालच से उठकर मतदान विषय पर ऑनलाईन भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें स्कूली और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया

कोरोना टीका बिहार में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी को मुफ्त कोरोना बैक्सीन लगवाने का वादा किया है इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में भी राज्य सरकार गरीबों को कोरोना का टीका मुफ्त लगवायेगी

इस दौरान लोगों को मास्क लगाने साबनु से बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी बनाये रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया है कि नई नीति से क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे